मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक राज्य के चार जिलों शिमला सोलन सिरमौर और किन्नौर में मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है उन्होंने कहा कि मॉनसून के अगले एक दो दिन में पूरे प्रदेश में पहुंच जाने की संभावना हैं

विभाग ने चार जून से राज्य के अधिकांश स्थानों पर व्यापक वर्षा की संभावना जताई है मॉनसून इस बार प्रदेश में सात से नौ दिन देरी से पहुंचा है प्रदेश में मॉनसून अकसर जून के अंतिम सप्ताह में पहुंच जाता है

इस बीच आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और शिमला सहित कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष गठित किया गया है इस कोष के तहत जरूरतमंदों को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त पीजीआई चण्डीगढ़ मैडिकल कॉलेज और ऐम्स में भी आयुषमान भारत योजना के तहत उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी इस चिकित्सा सहायता कोष में सभी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है स्वास्थ्य मंत्री आज सुल्ह विधानसभा क्षेत्र के पनियाली में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है इसीलिए जनमंच कार्यक्रम की शुरूआत की गई ताकि आम लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े वीरेन्द्र कंवर आज ऊना में बंदोबस्त मामलों के निपटारे के लिए अलग से आयोजित जनमंच कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे

मंत्री बिकम सिंह और औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार भी इस मौके पर मौजूद थे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर अधिकारी संघ राज्य विद्युत बोर्ड और दोनों निगमों का इस पुनित कार्य में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि यह योगदान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सहायक सिद्द होगा मुख्यमंत्री ने समाज के परोपकारी और सम्पन्न वर्ग से इस कार्य के लिए आगे आने का आग्रह किया राज्यपाल प्राकृतिक कृषि के मॉडल को जानने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज दो दिन के हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में उनका विधिवत स्वागत किया अपने हिमाचल दौरे के दौरान बेबी रानी मौर्य बागवानी व वानीकी विश्वविद्यालय सोलन में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि को लेकर आयोजित छः दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह की कल अध्यक्षता करेंगी तोमर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने कहा है कि शिलाई कस्बे की पेयजल समस्या का शीघ्र ही स्थाई समाधान कर दिया जाएगा

इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा गया है